विधानमंडल का पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र हंगामे के बीच संपन्न

भोजपूर जिले की एक स्थानीय अदालत ने बिहियां में एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाने और उसकी पिटाई के मामले में दोषी करार दिये गये बीस में से पांच लोगों को सात सात वर्ष का कारावास और बारह बारह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है वहीं पन्द्रह अन्य को दो दो वर्ष के कारावास और दो दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी है गौरतलब है कि इसी वर्ष अगस्त महीने में रेल पटरी पर युवक का शव बरामद होने के बाद आक्रोशित भीड़ ने बिहियां इलाके में इस घटना को अंजाम दिया था अदालत ने अठाईस नवम्बर को बीस लोगों को दोषी ठहराने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया था मूजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सीबीआई ने मूख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के सहयोगी मधु और चिकित्सक अश्विनी को पूछताछ के लिए और तीन दिनों की रिमांड पर लिया है सीबीआई पिछले नौ दिनों से दोनों से प्रछताछ कर रही थी मुजफ्फरपुर की विशेष अदालत में दोनों आरोपियों की आज पेशी हुई अदालत ने केन्द्रीय जांच एजेंसी का अनुरोध स्वीकार करते हुए दोनों को फिर से तीन दिनों के रिमांड पर भेज दिया सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ने एक महिला कैदी के साथ मुजफ्फरपुर स्थित एसकेएमसीएच अस्पताल में हुए दुष्कर्म मामले की जांच के आदेश दिये हैं सीतामढ़ी कारा में बंद इस महिला कैदी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था मुजफ्फरपुर पुलिस अलग से इस घटना की जांच कर रही है राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि देवी के नेतृत्व में पांच सदस्यीय कमिटी भी मामले की जांच करेगी इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी विधान परिषद में कांग्रेस के प्रेमचन्द मिश्रा ने इस मुददे को उठाया उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति बहुत दयनीय है विधानमंडल का पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र आज हंगामे के बीच संपन्न हो गया मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले राज्य में गिरती विधि व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा में पूरे सत्र के दौरान हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं हो सका जनहित के कई महत्वपूर्ण प्रश्न इस सत्र में सूचीबद्ध किये गये थे लेकिन वे सभी हंगामे की भेंट चढ़ गये कृषि सहायता अनुदान और सूखा प्रभावित प्रखंडों में किसानों की मदद के लिए धन का प्रबंध करने वाला द्वितीय अनुपूरक बजट हंगामे के बीच ही बिना चर्चा के पारित कराया गया सदन में आज भी राजद कांग्रेस और भाकपा माले के सदस्य भूमि सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करने और भूमिहीनों को जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर सदन के बीचो बीच आ गये हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी शाम में विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने हंगामे के बीच ही कई जरूरी विधायी कार्य प्ररे करवाये बाद में सभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की इधर विधान परिषद् में आज भी राजद और कांग्रेस के सदस्यों ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले को लेकर हंगामा किया इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्ष के सदस्य सदन के बीचो बीच आ गये हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही तीन बार स्थगित हुई शाम में जब तीसरी बार कार्यवाही शुरू हुई तो राजद और कांग्रेस के सदस्य विरोध जताते हुए सदन से बाहर निकल गये विपक्ष के कार्य बहिष्कार के बीच चालू वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट और विनियोग संशोधन विधेयक पारित हुआ सदन में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की राजस्व संबंधी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गयी इसके बाद कार्यकारी सभापति हारूण रशीद ने परिषद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की पूरे सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे पर अपनी प्रतिक्रिया में संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष ने जनहित के मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिखायी उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष नियम के अनुसार सदन में प्रश्न करता तो सरकार उसका जवाब देती विधायकों और विधान पार्षदों को बढ़े वेतन का लाभ एक दिसम्बर से मिलने लगेगा संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने यह जानकारी दी इस बढ़ोतरी के बाद वेतन और भत्ता मद में विधायकों और पार्षदों को लगभग एक लाख पैंतीस हजार रूपये प्रति माह मिलेंगे केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि संचार क्रांति का बहुत बड़ा लाभ पूरे देश को मिला है श्री प्रसाद ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों में बीस राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेशों में एक सौ से अधिक बीपीओ कॉल सेंटर छोटे शहरों में खोले गए हैं उन्होंने कहा कि उमंग प्लेटफॉर्म पर सरकार की तीन सौ सात सेवाएं उपलब्ध हैं श्री प्रसाद ने कहा कि छोटे शहरों में भी केन्द्र और राज्य सरकार की सभी सुविधाएं इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के प्रयास चल रहे हैं निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने नालंदा जिले के गिरियक थाना में पदस्थापित एक एएसआई को पांच हजार रुपये घूस लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है आरोपी एएसआई सुनील कुमार मंडल को थाना परिसर से ही रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया आरोपी एक मामले में जांच रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए घूस ले रहा था निगरानी जांच टीम ने उसके कार्यालय में तलाशी के दौरान अतिरिक्त अठारह हजार रुपये जब्त किये मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र में सब इंस्पेक्टर मनोज राम निराला को पुलिस ने नशे की हालत में गिरफ्तार कर लिया है नगर थाना में पदस्थापित दारोगा को एक होटल में शराब पीते हुए रंगेहाथ पकड़ा गया गिरफ्तारी के बाद उसे जेल भेज दिया गया है पटना की एक विशेष अदालत ने नवादा के तत्कालीन जिला परिवहन पदाधिकारी नरेश पासवान की भ्रष्ट तरीके से अर्जित संपत्तियों को जब्त कर करने का आदेश दिया विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत गठित अदालत ने यह फैसला सुनाया तत्कालीन परिवहन पदाधिकारी की पटना में मकान और भूखंड सहित साढ़े चौदह लाख से अधिक की संपत्तियों को चिन्हित किया गया है पटना के मोइनुलहक स्टेडियम में खेले गये रणजी ट्राफी क्रिकेट मैच में बिहार की टीम ने सिक्किम को तीन सौ पंचानवे रनों के विशाल अंतर से हरा दिया है मेजबान बिहार द्वारा दिये गये पांच सौ चार रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिक्किम की दूसरी पारी एक सौ आठ रनों पर ही सिमट गयी सिक्किम की पारी बहुत ही खराब रही उसके तीन बल्लेवाज शून्य के स्कोर पर आउट हो गये बिहार के गेंदबाज आशुतोष अमन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया अमन ने दोनों पारियों में कुल दस विकेट हासिल किये राज्य सरकार की ओर से आज पूरे प्रदेश में पश्ञओं में होने वाले ख्रहा और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरूआत की गयी पशु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के तहत चौदह दिसम्बर तक पशु चिकित्सक और विशेषज्ञ घर घर जाकर पशुओं का टीकाकरण करेंगे हमारे शेखपुरा संवाददाता ने बताया कि जिले में छियानवें हजार पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए चौवन सदस्यीय टीम गठित की गयी है गया जिले में पुलिस ने फतेहपुर थान क्षेत्र अंतर्गत गोपी मोड़ से तीन नक्सलियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सलियों के पास से दो देशी राइफल साठ कारतूस और नक्सली साहित्य जब्त किया गया है वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के वानथु गांव के पास आज अपराधी बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के संचालक की हत्या कर रूपये से भरा बैग लेकर फरार हो गये इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने घंटों सड़क जाम कर हंगामा किया दरभंगा जिले के विश्वविधालय थाना क्षेत्र के बंगलागढ़ मुहल्ला के पास अपराधियों ने कपड़ा व्यवसायी से दस लाख रुपये लूट लिये पटना जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के चेक पोस्ट से पुलिस ने पिकअप वैन पर लदी एक सौ चार कार्टन विदेशी शराब बरामद की वहीं बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के ताजपुर रोड से पुलिस ने ट्रक पर लदी चार सौ बयासी कार्टन विदेशी शराब बरामद की इधर वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी गांव से पुलिस ने बीस कार्टन विदेशी शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है

विधानमंडल का पांच दिवसीय शीतकालीन सत्र हंगामे के बीच संपन्न